राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र पिछले वर्ष पुलवामा में आतंकी हमले में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले बहादुर जवानों को नमन करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर प्रकार के आतंकवाद के खात्मे के लिए दुढ़ संकल्प है

गौरतलब है कि प्रलवामा में आज ही के दिन केन्द्रीय रिजर्व प्रलिस बल सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था

प्रदेश में कई कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रद्वाजलि दी जा रही है इसी कर्डो में धौलप्र के जवान भागीरथ सिंह की प्रतिमा का आज उनके पैतुक गांव में अनावरण किया गया हमले में शहीद हुए राजसमंद के बिनोल गांव के नारायण लाल गुर्जर को आज श्रद्वांजलि दी गई

सीकर में अहिंसा सर्किल पर शहादत को नमन कार्यक्रम आयोजित हुआ कार्यक्रम में शहीद वीरांगनाओं को शाल ओढाकर और समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया दौसा में तिरंगा यात्रा निकाली गई टोंक में कैंडल मार्च हआ

श्री कटारिया ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे

श्री आंजना प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे

श्री खाचरियावास ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में ककहा कि रोडवेज को घाटे से उबारने तथा कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए सरकार काम कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के कारण पिछले अक्टूबर और दिसम्बर में रोडवेज फायदे में भी आई है

श्री अरोड़ा ने कहा कि चुनावों में नवाचारों पर कार्य किया जाएगा

बोर्ड ने परीक्षा आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं अजमेर क्षेत्र में इस बार राजस्थान और गुजरात के करीब दो लाख पांच हजार विद्यार्थी परीक्षा देंगे

श्री मित्तल ने बेहतर समन्वय और कार्यकुशलता के लिए श्रोताओं विज्ञापनदाताओं और विभिन्न क्षेत्रीय समाचार एकांशों के साथ सम्पर्क बढाने का सुझाव दिया

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है और अब समाचार एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से सूचना और प्रसारण मंत्रालय देशभर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चला रहा है

इस अमियान का उददेश्य लोगों को देश की बहरंगी संस्कृति से परिचित कराना है अभियान में दो या तीन राज्यों के जोड़े बनाए गए हैं जो एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे है राजस्थान के साथ असम को जोडीदार बनाया गया है